इस बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया

उन्होंने सभी जिलों के उपायुक्त को निर्देश दिया है कि जिले के झारनेट सेंटर पर इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को सुनिश्चित कराये साथ ही इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का सही से पालन किया जाए

रविवार को अवकाश के दिन होने वाली इस बैठक में लॉकडाउन से उत्पन्न परिस्थिति और चलाये जा रहे राहत कार्यां को गति दिये जाने पर भी निर्णय लिये जाने की संभावना है राज्य में अब तक चौदह लोगों में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हुई है इनमें से बोकारो जिले के गोमिया के रहने वाले एक बुज़र्ग की कल मौत हो गई यह कोरोना की वजह से मौत का राज्य में पहला मामला है इधर रांची में मिले पांच नए मामले हिंदपीढ़ी क्षेत्र के हैं ये सभी इस इलाके से मिली द्रसरी पॉजिटिव महिला के परिवार के हैं एहतियात के तौर पर हिंदपीढ़ी को बहतर घंटे के लिए सील कर दिया गया है

इन पर वीजा नियमों का उल्लंघन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत महामारी नियमों का उल्लंघन करने लॉक डाउन के नियमों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया गया है इनमें अधिकतर धाराएं गैर जमानती है उम्मीद जताई जा रही है कि अब यह अपने देश नहीं लौट पाएंगे इन्हें क्वॉरेंटाइन से बाहर निकलने के बाद जेल जाना पड़ेगा

उन्होंने कहा कि एमएसएमई इन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाकर मांग पूरी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है श्री गडकरी ने कहा कि इन गतिविधियों में लगे लोगों को प्राथमिकता के आधार पर सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए

बैठक में वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक द्वारा घोषित उपायों पर चर्चा हुई

श्री गडकरी ने बताया कि मंत्रालय के सभी संगठन लॉकडाउन के दौरान देश के विभिन्न स्थानों पर पैकेट बंद खाद्य सामग्री बांटने में लगे हुए हैं खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने शिल्पकार कल्याण कोष ट्रस्ट से प्रत्येक पंजीकृत शिल्पकार को प्रति महीने एक एक हजार रुपये जारी करने का फैसला किया है केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों की पेंशन में तीस प्रतिशत की कटौती करने की खबरों और अफवाहों का खंडन किया है

पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया कि सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है और यह अफवाहें निराधार है केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डी वी सदानन्द गौडा ने कहा है कि सरकार आगामी खरीफ फसल के लिए उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास कर रही है एक ट्वीट में श्री गौडा ने कहा कि अब तक उर्वरको की उपलब्धता की रिथति संतोषजनक है उन्होंने कहा कि उर्वरक विभाग उत्पादन और इनका आवागमन परिवहन तथा उर्वरकों की उपलब्धता पर कड़ी निगरानी कर रहा है और वह राज्य सरकारों के साथ लगातार संपर्क में है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

इन अस्पतालों में एक हजार से अधिक आइसोलेशन बिस्तरों की व्यवस्था है ये अस्पताल गुजरात हरियाणा राजस्थान जम्मू हिमाचल प्रदेश झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित हैं

मंत्रालय के अनुसार लॉकडाउन की अवधि के दौरान ई एस आई सी ने लाभार्थियों को प्राइवेट केमिस्टों से दवाई खरीदने की अनुमति दे दी है जिसकी भरपाई बाद में ई एस आई सी से की जाएगी उपराजधानी दुमका में कोरोना से बचाव के लिए जहां प्रशासन लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने में जुटा है वहीं जिला जन संपर्क विभाग और सांस्कृतिक संगठनों के कलाकार भी कोरोना से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक करने में जुटे हुए हैं दुमका जिला जनसंपर्क विभाग द्वारा मास्क लगाओ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है इसके तहत विभाग के कलाकार यमराज और कोरोना वायरस का रूप धारण कर लोगों को मास्क लगाने स्वच्छ रहने और इस महामारी से बचने के सभी उपायों का पालन करने का संदेश दे रहे हैं

कोरोना संक्रमण से निजात पाने के लिए सरकार द्वारा लगाए गए लोकडाउन का असर अब आम लोगों में दिखाई देनी शुरू हो गई है इसका सबसे ज्यादा प्रभाव किसानों में पड़ता दिख रहा है अपनी जीवन भर की पुंजी कृषि कार्य मे लगाकर किसानों को मुनाफा तो दुर लागत मुल्य भी नहीं मिल पा रही है लोकडाउन को लेकर स्थिति यह है कि न तो बाजार लग पा रहे हैं और न ही बाहर के व्यपारी ही खरीदारी करने के लिए यंहा आ पा रहे हैं मौके का पूरा फायदा गांव के बिचौलिए उठा रहे हैं नतीजा यह है कि रातू व मांडर के आसपास की कीमतों में भारी गिरावट आ गई है

यदि समय रहते किसानों के हित में कोई सार्थक उपाय नही किए गए तो रिथति गंभीर हो सकती है ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जामिनेषन जेईई मेन्स की तैयारी में जुटे परीक्षार्थी अब चौदह अप्रैल तक अपने परीक्षा केंद्र में बदलाव कर सकते हैं इसके साथ ही वे आवेदन से जुडी गलतियों में भी सुधार कर सकेंगे नेषनल टेस्टिंग एजेंसी ने समय सीमा बढ़ाने का फैसला परीक्षार्थियों की मांग पर किया है

अब नई तिथि की घोषणा चौदह अप्रैल को लॉकडाउन खत्म होने के बाद की स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा ग्मला जिले में कोरोना वायरस से होने वाले संक्रमण की वजह से किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयारी शुरू कर दी है

राज्य भर में ईसाई धर्मावलंबी प्रभु यीषु के बलिदान को याद करते हुए लॉकडाउन की वजह से अपने अपने घरों में प्रार्थना कर रहे हैं गुर्ड फ्राइडे दूसरे को क्षमा करने का संदेष देता है क्षमा वहीं व्यक्ति कर सकता है जिसका इदय बड़ा होता है

इस मामले में दोनों ने जेल प्रषासन के माध्यम से खेलगांव थाना में प्राथमिकी को लिए आवेदन दिया इसके बाद दोनों तरफ से प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है

सरकार इससे निपटने के लिए कई कदम उठा रही है

आप सभी घर पर रहें सुरक्षित रहें उन्होंने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें